राज्यपाल के अभिभाषण के बाद पहली बार हुई सदन की बैठक में जहां सात पूर्व व एक मौजूदा विधायक को श्रद्वांजलि अर्पित की गई वहीं विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सदन के सभी सदस्यों से सार्थक सहयोग की अपील भी की सदन की बैठक आरंभ होते ही विधानसभा अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि बजट सत्र के दौरान सदस्य जनहित से जुड़े मुददों को प्रमुखता से उठाएंगे उन्होंने कहा कि सभी विधायकों को सदन में अपनी अपनी बात ररवने का पूरा मौका दिया जाएगा विपिन सिंह परमार ने सदन को बताया कि प्रदेश विधानसभा द्वारा आरंभ की गई ई विधान प्रणाली का जायजा लेने के लिए हरियाणा विधानसभा का एक दल इन दिनों विधानसभा के दौरे पर है हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता की अध्यक्षता में दौरे पर आया ये दल प्रदेश विधानसभा की ई प्रणाली का अध्ययन कर हरियाणा विधानसभा को भी पेपरलेस बनाने पर काम करेगा शोकोदगार प्रदेश विधानसभा ने आज अपने सात पूर्व और एक मौजूदा विधायक सुजान सिंह पठानिया को शोकोदगार के माध्यम से श्रद्वासुमन अर्पित किए इन विधायकों का मॉनसून सत्र और बजट सत्र की अवधि के दौरान निधन हो गया था पूर्व विधायकों में मेलाराम सावर रणजीत सिंह बख्शी कुमारी श्यामा शर्मा चंद्रसेन ठाकुर रघुराज तुलसी राम शर्मा और ओंकार चंद शामिल हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इन दिवंगत विधायकों के निधन पर सदन में शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया मुख्यमंत्री ने दिवंगत विधायकों को श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए प्रदेश के लिए दिए गए उनके योगदान को याद किया जयराम ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की धर्म पत्नी संतोष शैलजा को भी श्रद्वांजलि अर्पित की

स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर विधायक आशा कुमारी राजीव बिंदल सुखविंदर सुक्खू रामलाल ठाकुर रमेश धवाला आशीष बुटेल लखविंद्र राणा और विक्रमादित्य सिंह ने भी शोकोदगार के माध्यम से दिवंगत विधायकों को श्रद्वासुमन अर्पित किए

परमार ने कहा कि विधानसभा ने नई परम्परा शुरू करते हुए दिवंगत सदस्यों के परिवारों को सदन की भावनाओं की लिखित प्रति के साथ साथ वीडियो सीडी और पैनडाईव भेजने का भी निर्णय लिया है सदन ने दिवंगत सदस्यों के सम्मान में कुछ देर का मौन रखा बाद में मौजूदा दिवंगत विधायक सुजान सिंह पठानिया को श्रद्वाजंलि स्वरूप सदन की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया पीयूष गोयल केंद्रीय रेल व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि औद्योगिक क्षेत्र पावंटा साहिब तक आने वाली रेल लाईन को जगाधरी तक बढ़ाने के संबंध में सर्वेक्षण करने के आदेश दिए गए हैं आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इससे औद्योगिक क्षेत्र से तैयार माल को बाहर ले जाने में आसानी होगी पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार प्रदेश में रेल और रेलवे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है उन्होंने कहा कि शिमला कालका हैरीटेज रेल लाईन की गति बढ़ाने के अलावा ट्रैक को और सुदृढ़ करने के लिए संभावनाएं तलाशी जाएंगी

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री से कालका शिमला रूट पर विस्ता डोम रेल डिब्बे उपलब्ध कराने का आग्रह किया ताकि पर्यटक हिमाचल के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकें